बारह नवम्बर को नाम निर्देशन की आखिरी तारीख होगी तेरह नवम्बर को पर्चो की जांच होगी सत्रह नवम्बर तक नामांकन वापस लिये जा सकते हैं एक दिसम्बर को सुबह आठ बजे से सायं पांच बजे तक मतदान होगा और तीन दिसम्बर को वोटों की गिनती की जायेगी पांच खण्ड स्नातक और छः खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल इस वर्ष छः मई को समाप्त हो गया था लेकिन कोरोना लॉकडाउन के कारण निर्वाचन की कार्रवाई अप्रिम आदेशों तक लम्बित रही

जिन खण्ड स्नातक निर्वाचन सीटों पर चुनाव होंगे उनमें लखनऊ मण्डल वाराणसी मण्डल आगरा मण्डल मेरठ मण्डल और इलाहाबाद झांसी मण्डल शामिल हैं जिन खण्ड शिक्षक निर्वाचन सीटों पर चुनाव होने हैं वे हैं लखनऊ मण्डल वाराणसी मण्डल आगरा मण्डल मेरठ मण्डल बरेली मुरादाबाद मण्डल और गोरखप्र फैजाबाद मण्डल चौदहवीं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी इकत्तीस जनवरी दो हजार इक्कीस को आयोजित की जाएगी इससे पहले सीटीईटी परीक्षा इस साल पांच जुलाई को पूरे देश के एक सौ बारह शहरों में होनी थी लेकिन प्रशासनिक कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया था केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने एक विज्ञप्ति में बताया कि सुरक्षित दूरी और अन्य सुरक्षा उपायों के कारण परीक्षा अब एक सौ पैंतीस शहरों में आयोजित की जाएगी नए परीक्षा केन्द्रों में लखीमपुर अंबेडकरनगर बिजनौर बुलंदशहर गोंडा मैनपुरी प्रतापगढ़ शाहजहांपुर सीतापुर नागांव बेगूसराय गोपालगंज पूर्णिया रोहतास बिलासपुर हजारीबाग जमशेदपुर लुधियाना और उद्यमसिंह नगर शामिल हैं सीटीईटी की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट सीटीईटी डॉट एनआईसी डॉट इन पर शहरों की सूची उपलब्य है सेना प्रमुख जनरल एम एम नरवणे ने आज नेपाल के सेना प्रमुख जनरल पूर्णा चन्द्र थापा से वहां के सेना मुख्यालय में मुलाकात की जनरल नरवणे तीन दिन की सरकारी यात्रा पर कल काठमांड् पहंचे ये जनरल थापा के आमंत्रण पर वहां गये हैं दोनों सेना प्रमुखों ने सैन्य संबंधों और ट्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जनरल नरवणे ने सरकार की ओर से नेपाल की सेना के दो फील्ड अस्पतालों के लिए चिकित्सा उपकरण भेंट किये इनमें एक्सरे मशीनें कम्प्यूटेड रेडियोग्राफी सिस्टम आईसीयू वेंटीलेटर्स वीडियो एंडोस्कोपी यूनिट एनेस्थिसिया मशीनें प्रयोगशाला उपकरण और एम्बुलेंस शामिल हैं उन्होंने कोविड नाइन्टीन महामारी से निपटने में सहायता के लिए नेपाली सेना को अतिरिक्त वेंटीलेटर भी उपहार स्वरूप दिये

कोरोना से स्वस्थ होने की दर बानबे दशमलव दो शून्य प्रतिशत हो गई है ठीक होने वालों की संख्या कूल सक्रिय मामलों की संख्या का लगभग पन्द्रह गुना है पिछले चौबीस घंटे के दौरान पचपन हजार से अधिक लोग कोरोना से ठीक हुए जबकि लगभग पचास हजार नए मामले सामने आए हैं सक्रिय मामलों की संख्या कुल मामलों के छः दशमलव पांच प्रतिशत से भी कम हो गई है देश में कोरोना के इस समय करीब पांच लाख अट्ठाईस हजार मरीज हैं पिछले चौबीस घंटे के दौरान कोविड संक्रमण से सात सौ चार रोगियों की मौत हुई है देश ने कोविड नाइन्टीन के नमूनों की जांच में और वृद्धि दर्ज की है पिछले चौबीस घंटों में लगभग बारह लाख दस हजार नमूनों की जांच की गई इसके साथ ही जांच किए गए कुल नमूनों की संख्या ग्यारह करोड़ बयालीस लाख से अधिक हो गई है केंद्र सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने जांच के बुनियादी ढांचे का विस्तार किया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि नमूनों की बहुत बडे पैमाने पर जांच से संक्रमण का जल्द पता लगने शीघ्र आइसोलेशन करने और प्रभावी उपचार होने से मृत्यु दर में काफी कमी आई है

भारत और अमेरिका के विज्ञान और प्रौद्योगिकी फोरम के तहत संचालित इस परियोजना में ग्रामीण अर्थ शहरी और शहरी पांच प्रदर्शन पायलट इकाईयां स्थापित की जा रहीं हैं यह तकनीक विल्डिंग एयरकंडीशनिंग लोड को कम करने और बिजली की खपत को कम करने में प्रभावी होगी